इस्तीफा मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है इसकी घोषणा उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान की जिसके बाद वे सीधे राजभवन पहंचे जहां राज्यपाल लालजी टंडन को अपना इस्तीफा सौंपा

उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात किया गया है मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि उनकी सरकार के द्वारा किये जनकल्याण के काम भाजपा को रास नहीं आए

इस्तीफा प्रतिक्रिया कांग्रेस छोड भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज कहा कि मध्यप्रदेश में जनता की जीत हुयी है वहीं केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कमलनाथ के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार अपनी अंतकलह और कुप्रबंधन के कारण गिरी है ऐसे में भाजपा को दोष देना बेकार है इस्तीफा प्रतिक्रिया जिला मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस्तीफे के बाद जहां कांग्रेस कार्यकर्ता मायूस हैं वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है

यह व्यक्ति द्वारा स्वयं अपने आप पर लागू कर्फ्यू होगा प्रधानमंत्री ने कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि इस दौरान केवल आवश्यक सेवा में लगे लोगों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए श्री मोदी ने देशवासियों से डॉक्टरों चिकित्सा कर्मियों और सफाई कर्मचारियों की सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने का अनुरोध किया उन्होंने कहा कि रविवार शाम पांच बजे पांच मिनट के लिए हर व्यक्ति अपने घर की बालकनी खिड़की या दरवाजे पर आकर ताली थाली बजाकर इन सेवा कर्मियों को धन्यवाद दे और उनका हौसला बढ़ाए कोरोना राज्य में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण का एक भी मरीज नहीं मिला है स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव डॉ पल्लवी गोविल ने बताया है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है हालात सामान्य होने पर लगाई गई पाबंदिया खत्म कर दी जाएंगी

तिहाड़ जेल के इतिहास में पहली बार एक साथ चार गुनाहगारों को फांसी दी गई है इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने देर रात और उससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोषियों की फांसी पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी दोषियों ने कल पूरे दिन भी न्यायपालिका में अलग अलग याचिकाओं के माध्यम से फांसी की सजा रूकवाने की कोशिशें की जो नाकाम रही

आज मंगलम वृद्वाश्रम में बुजुर्गों को इस वायरस से बचाव की जानकारी दी गई